मुख्यमंत्री ने आज लोवर दिवांग वैली जिले के कांगखोंग गांव में सरकार आपके द्वारा शिविर का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य डोर टू डोर सरकारी सेवाओं को पहुंचाना है उन्होंने मुख्यमंत्री कृषि मशीनीकरण योजना के लाभार्थियों को ट्रेकटर वितरित किया श्री खाण्डू ने सरकार आपके द्वार के तहत लोवर दिवांग वैली जिले के विभिन्न हिस्सों में पंद्रह सौ लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की मुख्यमंत्री ने जिले के लोगों के लिए करीब तिरासी करोड़ रुपये की परियोजनाए समर्पित की जिसमें जेमि नोतको में जोमिन तायेंग राजकीय आदर्श महाविद्यालय का एकाडेमिक ब्लॉक बोमजिर पागलम में सिसिरी नदी पर दो सौ सत्तर मीटर लंबा पूल ईजे मायुदिया टूरिष्ट कांप्लेक्स और एक लब्य आदर्श आवासी विद्यालय शामिल है

उन्होंने राज्य में तैतीस केवी और ग्यारह केवी की प्रणाली की वकालत की बैठक के दौरान विद्युत मंत्री ने पावर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्राधिकारियों से सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार परियोजना को त्वरित गति से प्ररा करने को कहा है इस बैठक में विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता पी जी सी आई एल के सीनियर मेनेजर और इसे संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त दानिश असराफ ने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी राजकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेडेंस सिस्टम लगाने का निर्देश दिया है उन्होंने इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन जारी न करने की बात कही है

विश्वविद्यालय के बायोटेक्नॉलोजी विभाग के प्रमुख झरना चक्रवर्ती ने पासीघाट में बताया कि सदियों से परंपरागत भोजन में उपयोग किए जा रहे राज्य के कीटों का अध्ययन विश्व समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ऎसे कीट जिनमें पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाये जाते है इन्हें संरक्षित रखना और उनकी संख्या को बढ़ाना इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है अरुणाचल गैर सरकारी संगठन और उद्यमिता फोरम द्वारा आज से दोरजी खाण्ड्र स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में इंडीजिनस ओद्योगिक उत्पादो पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है इस दो दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य के उद्योग आयुक्त जी एस मीणा ने किया इसका मूल वाक्य है स्थानीय उत्पादो को खरीदो बढ़ावा दो और संरक्षित करो इसमें स्थानीय हस्तशिल्प और बागवानी उत्पाद विशेष रुप से प्रदर्शित किए जा रहे है इस अवसर पर उद्योग सचिव जी एस मीणा ने कहा कि राज्य के हस्तशिल्प आधारित कुटीर उद्योगो को बढ़ावा देकर ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते है उन्होंने राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र की विभिन्न योजनाओ के बारे में भी जानकारी दी राज्य की प्रमुख गायिका ताबा याल नाबम और कई अन्य स्थानीय सदस्यों के सहयोग से पहली बार मूल जनजातीय उत्पादो पर आधारित इस प्रदर्शनी का आयोजन राज्य की पारंपरिक व्यवसायिक गतिविधियो को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है आज ही के दिन उन्नीस सौ पचास में उनका निधन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के विचार तथा देश की एकता के लिए उनके सुदृढ़ प्रयास पीढियों तक भारतीयों को प्रेरित करते रहेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश उनके अमूल्य योगदान का सदा ऋणी रहेगा ओड़िसा ने हीरो सब जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश को हराकर जीत दर्ज की है राजीव गांधी स्टॆडियम नाहरलगुन में आज खेले गए फाईनल मैच के रोमांचक मुकाबले में ओडिसा में अरुणाचल प्रदेश को पांच चार से पराजित किया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 आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया